वहीं इस बीमारी से अब तक तीस लोगों की मौत हुई है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना का पहला पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद कफ़र्यू लगा दिया गया है कलेक्टर ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की

छतरपुर डीआईजी विवेक सिंह ने कल नौगॉव तक साइकिल से सफर कर जगह जगह स्थिति का जायजा लिया सागर जिले में बाहर से आने वाले लोगों को चिन्हित स्थानों पर क्वारंटाइन करने के निर्देश दिये है उधर शिवपूरी के शहर वार्ड़ो में स्क्रीनिंग के लिए पांच दल नियुक्त किये गये है नीमच में कोरोना संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए दो निजी चिकित्सालय अधिकृत किये गये हैं

बैतूल कलेक्टर ने लॉकडाउन में प्रशासन के समन्वय से ही जरूरतमंदों की मदद करने को कहा है रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने कोरोना पॉजीटिव मृतक का शव रतलाम लाये जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है

मुरैना में भी मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है

उमरिया जिले में जन अभियान परिषद के सदस्य घरों की दीवारों पर कोरोना से बचाव की अपील लिख रहे हैं मंडला में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिये गये हैं

डिण्डोरी अनूपपुर झाबुआ अशोकनगर छिन्दवाड़ा कटनी सहित सभी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री कोरोना कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने दूसरे जिलों में भी संक्रमित क्षेत्रों को टोटल सील करने को कहा इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी इन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर आ जा नहीं सकेंगे मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि संक्रमण से बचने के लिए हर व्यक्ति मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले उन्होने कहा कि होममेड मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है श्री चौहान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोरोना रोग को नहीं छुपाए यह भी बताए कि वह किस किस के संपर्क में आया है

श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव की कोशिश करनी चाहिये श्री मोदी ने सामाजिक दूरी बनाये रखने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का पालन करने जैसे प्रयासों में प्रत्येक नागरिक के योगदान के साथ अनुशासन समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना की प्रशंसा की

न्यायालय ने केन्द्र को इस संबंध में तत्काल निर्देश जारी करने को कहा शीर्ष अदालत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मानवीय सेवाएं देकर महामारी को रोकने में प्रयोगशालाआँ सहित निजी अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका है वहीं एक अन्य फैसले में न्यायालय ने केन्द्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए समुचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं

इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह राशि हर एक खाते में पहंच गई है और लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए इसे बैंक र्स निकाल सकते हैं

लॉकडाउन के कारण पैदा हुई दिक्कतों में राहत देने के लिए यह फैसला किया गया टॉप पैरंट एप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से पढ़ाई जारी रखने में सहायक मोबाइल एप टॉप पैरट लांच किया इस दौरान उन्होंने डिजी लैप आपकी पढ़ाई आपके घर के माध्यम से विद्यार्थियो को पहला व्हाट्सएप मैसेज भेजा

इसमें मुस्लिम समुदाय अपने पुरखों की याद में इबादत करते हैं लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिम धर्मग्रुओं ने घरों में ही इबादत करने की अपील की है मध्यप्रदेश के मुफ्ती ए आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद ने शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिद न जाने की अपील की है

वहीं अशोकनगर में दो किराना दुकाने सील की गई हैं